् भारतीय मूल के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने के लिये आज से वैभव शिखर सम्मेलन का हुआ आगाज ् कोरोना के खिलाफ आज से राज्यव्यापी जन आंदोलन की शुरूआत सरकार करेगी मास्क का निशुल्क वितरण ्र राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से जन घोषणा पत्र की कियान्विति रिपोर्ट की गई जारी

प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में बात की थी

इस अवसर पर देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं विदेशों में भी महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रम वर्चुअल भी आयोजित किये जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बापू की समाधि राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जा रही है राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह विजयघाट पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री बड़े विनम्र और सादगी वाले व्यक्ति थे उनका पूरा जीवन राष्ट्र कल्याण के लिये समर्पित था

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय में बापू की प्रतिमा पर श्रद्वा सुमन अर्पित किये मुख्यमंत्री ने कला और संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित शांति सदभाव और अहिंसा पर रखे गये वैश्विक ई सम्मेलन का उदघाटन किया जिसमें दुनिया के जाने माने गांधी विचारकों ने हिस्सा लिया चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल की ओर से मास्क पहनने के जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ किया उन्होने राज्य में पंजीकृत चिकित्सक और पंजीयन योग्य चिकित्सकों के लिये ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरूआत की प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों महापुरूषों को श्रद्धाजलि दी

इसमें पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह र्न महात्मा गांधी की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का संदेश दिया इधर राजस्थान विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केन्द्र में भी बापू के जीवन पर समारोह आयोजित किया गया क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से राजधानी जयपुर में प्रदर्शनी आयोजित की गई

गांधी जयन्ती के अवसर पर प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों में स्थित स्मारकों और संग्रहालयों पर स्वच्छता दिवस का आयोजन किया गया प्रदेश के सभी जिलों से भी दोनों महापुरूषों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं

राजसमन्द के क्भलगढ दुर्ग में पक्षियों के लिये परिंडे बांधे गये

चूरू में सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ इधर सवाईमाधोपुर में नेहरू युवा केन्द्र की ओर से स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया

आकाशवाणी की ओर से महात्मा गांधी के जीवन और समय पर आज एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा

कोरोना के खिलाफ आज से राज्यव्यापी जन आंदोलन की शुरूआत के मौके पर सरकार की ओर से यह घोषणा की गई

उन्होंने कहा कि राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन सहित सभी चिकित्सा सुविधायें सुनिश्चित की गई हैं गौरतलब है कि एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए गांधीवादी तरीके से समझाइश भी की जायेगी आमजन को मास्क पहनने उचित दूरी रखने और भीड़ से बचने के बारे में जागरूक किया जायेगा

स्वायत शासन मंत्री शांति धारीवाल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने ये रिपोर्ट जारी की

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक हुए लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से देश में कोविड रोगियों का प्रतिशत कम करने में मदद मिली है इस समय देश में कोविड महामारी की मृत्यु दर एक दशमलव पांच छह प्रतिशत है दुनिया में औसत मृत्यु दर की तुलना में भारत में लगातार कमी का सिलसिला जारी है

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण में कोरोना महामारी के बीच वोट सुबह साढे सात बजे से शाम साढे पांच बजे तक डाले जायेंगे इसके लिये मतदान दल अपने गंतव्य पहुंच गये हैं कोरोना गाइड लाइन की पालना के साथ ही मतदान प्रकिया सुनिश्चित की जायेगी

ये पुरस्कार पेयजल और स्वच्छता श्रेणियों के अंतर्गत दिए गये इससे पहले केन्द्र सरकार ने सुंदर सामुदायिक शौचालय सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत नाम के तीन मिशन शुरू किये थे स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय की राज्यस्तरीय श्रेणी में गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया जबकि तमिलनाडु में तिरुनेलवेल्ली ने जिला स्तर पर स्वच्छता का पहला पुरस्कार जीता इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि सरकार देश को खुले में शौच की ब्राई से मुक्त बनाये रखने को वचनबद्व है उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता बनाये रखने और सबके लिए अच्छी स्वच्छ सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए और अधिक संख्या में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जायेगा मंत्रालय की ओर से आज से ही देशभर के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नल के जरिये पीने के शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिये विशेष अभियान भी शुरू हुआ